राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सूचना का अधिकार नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास के सामाजिक अनुबन्ध को और मजबूत करता है

लोगों को यह जानने का अधिकार है कि कैसे शासन चल रहा है सरकारी सेवाएं किस तरह नागरिकों तक पहुंच रही हैं और कल्याणकारी कार्यकम किस तरह संचालित किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि नागरिकों को इस बात की जानकारी लेने का भी हक़ हासिल है कि सार्वजनिक धन किस तरह खर्च हो रहा है और राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जा रहा है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 उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन की बबादी पर अंकुश लगाने के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मानवाधिकार सिर्फ नारा नहीं बल्कि संस्कार और लोकनीति का आधार होना चाहिए आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजत जंयती समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हमारे संस्कारों में रही है उन्होंने कहा कि इस संस्था ने न्याय और नीति के पथ पर चल कर मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सामान्य गरीब पीड़ित वंचित शोषित की आवाज बनकर राष्ट्र निर्माण को दिशा दिखायी है न्याय और नीति पथ पर चलते हुए आपने जो भूमिका निभाई है उसके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ने निरंतर आपकी संस्था को ए स्टेटस दिया है यह भारत के लिए गर्व की बात है प्रधानमंत्री ने कहा पंचायत राज प्रणाली और स्थानीय निकाय से जुड़ी व्यवस्था मानवाधिकारों की रक्षा का एक अहम हिस्सा है यह संस्थाए महिलाओं तथा वंचित वर्गो को सशक्त बनाने और सभी क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान कर रहो हैं हमारा पंचायत राज सिस्टम स्थानीय निकायों से जुड़ी व्यवस्था मानव अधिकार सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह संस्थायें सामान्य जन हक के विकास लाभ जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है यह संस्थाएं महिलाओं वंचित वर्गो के सशक्तिकरण और भागीदारी पार्टी में भी बहुत बड़ा योगदान दे रही है साथियों मानव अधिकारों के प्रति इसी समर्पण ने सत्तर के दशक में बहुत बड़े संकट से उबारा था इमरजेंसी आपातकाल के उस काले कालखंड में जीवन का अधिकार ही छीन लिया गया था बाकी अधिकारों की बात ही क्या करें उस दौरान सरकार को खिलाफ आवाज उठाने वाले हजारो लाखों जेलों में भर दिये गये लेकिन भारतीयों ने अपनी परिपाटी के इस महत्वपूर्ण पहल् को मानवाधिकारों को अपने प्रयत्नों से फिर हासिल किया श्री मोदी ने अपनी सरकार की चार वर्षो की उपलब्धियों का जिक करते हुए कहा कि वह सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को सेवा का माध्यम मानती है यह विचार अपने आप में ही मानव अधिकारों की रक्षा की गारंटी की तरह काम कर रहा है

श्री जेटलो ने कहा कि जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तब देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या कुल तीन करोड अस्सी लाख थी जो पिछले चार वर्षो में बढ़ कर छह करोड़ छियासी लाख हो गई है यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे ह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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भारी बारिश और तूफान से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनज़र वहां के ज़िलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों के फसल नुकसान के दावों का अड़तालीस घंटे में निस्तारण कर बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित करायें श्री योगी ने यह निर्देश भी दिया है कि इस प्राकृतिक आपदा से जान माल की क्षति का आंकलन किया जाये और प्रभावितों को राहत राशि दैवीय आपदा मद से फौरन उपलब्ध कराई जाये उन्होंने सहारनपुर के मण्डलायुक्त और राज्य के राहत आयुक्त को राहत कामों की निगरानी प्रभावी ढंग से करने को भी कहा है हमारे लखनऊ संवाददाता के अनुसार कल प्रदेश के कई पश्चिमी और तराई हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई क्षेत्रों में फसलों का नुकसान पहुंचा है इनमें सहारनपुर और मुजफ्फरनगर ज़िले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्धालु मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चन्द्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं शक्तिपीठों और मंदिरों में देवी दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ है बलरामपुर ज़िले के देवीपाटन शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है एक रिपोर्ट बलरामपुर ज़िले के तुलसीपुर में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप के दर्शन प्रातः काल से ही लो लंबी लंबी कतारों में लगकर कर रहे हैं सूर्यकुंड से लेकर मंदिर परिसर तक महिलाओं एवं पुरूषों की लंबी लाइनें लग रही हैं

हर तरफ मां के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है श्रद्दालुओं की भीड़ को देखते हुए जहां पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोंडा व गोरखपुर से मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है वहीं रोडवेज भी स्पेशल बसें चला रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देवी पाटन मेला को प्रांतीय मेला घोषित करने से लोगों में और भी उत्साह देखा जा रहा है लोगों का कहना है कि आने वाले समय में यहां और अच्छी व्यवस्था श्रद्वालुओं को उपलब्ध होगी रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर मिर्ज़ापुर के विन्ध्यांचल धाम का माहौल श्रद्धालुओं के जयकारों से भक्तिमय है अब तक भारी संख्या में श्रद्धालु मॉ विन्ध्यवासिनी देवी की पूजा अर्चना कर चुके हैं एक रिपोर्ट भक्तों के जयकारों से पूरा विन्ध्य धाम आज गूंज रहा है मेला शुरू होने से अब तक दस लाख से ज्यादा श्रद्दालु मां विन्ध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर चुके हैं

उधर सीतापुर के नैमिषारण्य में मॉ ललिता देवी मंदिर और सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मॉ शाकम्भरी पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ है वाराणसी के दुर्गाकुंड में मां के दर्शन और पूजन का कम जारी है गोरखपुर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मां तरकुलहा देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग श्रद्धाभाव से दर्शन में लीन हैं महराजगंज ज़िले के आद्रवन में लेहड़ा देवी मंदिर में ब्रह्मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दी थी कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम फ़ैजाबाद परिक्षेत्र से दो सौ साठ बसें चलायेगा निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मेन्द्र नाथ ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनज़र परिक्षेत्र के ग्यारह बस अड्डों का चयन किया गया है जिनमें फैज़ाबाद अयोध्या गोण्डा बस्ती जगदीशपुर कादीपुर अमेठी सुल्तानपुर अकबरपुर कदमपुर और राजेसुल्तानपुर शामिल हैं इन बस अड्डों से हर घण्टे कुंभ के लिए बसें उपलब्ध रहेंगी उन्होंने बताया कि कुंभ के पहले स्नान पर्व ग्यारह जनवरी से ही इन बसों का संचालन शुरू हो जायेगा और मौनी अमावस्या के स्नान तक जारी रहेगा कुंभ की तैयारियों के लिए राज्य परिवहन निगम पूरी तरह से सजग है इस बार कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए प्रदेश स्तर पर पांच हजार पांच सौ पचास बसों की व्यवस्था की गई है